ने कैबिनेट सचिव ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कोविड मानकों में ढील न देने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया निर्देश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

मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश विदेश के लोगो से अपने विचार साझा करते हुए कहा कि पानी पारस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है

प्रधानमंत्री ने संत रविदास का जिक करते हुए कहा कि युवाओं को उनसे एक और बात की सीखनी चाहिए युवाओं को कोई भी काम करने के लिए खुद को पुराने तौर तरीकों में बांधना नहीं चाहिए उन्होंने कहा कि आज नेशनल साइंस डे भी है आज का दिन भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन जी द्वारा की गई रमण इफेक्ट खोज को समर्पित है उन्होंने कहा कि जब हम साइंस की बात करते हैं तो कई बार इसे लोग फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर लैब्स तक ही सीमित कर देते हैं लेकिन साइंस का विस्तार तो इससे कहीं ज्यादा है और आत्मनिर्भर भारत अभियान में साइंस की शक्ति का बहत योगदान भी है हमें साइंस को लैब टू लैंड के मंत्र के साथ आगे बढ़ाना होगा उन्होंने कहा कि जब देश का हर नागरिक अपने जीवन में विज्ञान का विस्तार करेगा हर क्षेत्र में करेगा तो प्रगति के रास्ते भी खुलेंगे और देश आत्मनिर्भर भी बनेगा प्रधानमंत्री ने युवायो से कहा कि आने वाले कुछ महीने आप सब के र्जीवन में विशेष महत्व रखते हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि मार्च का महीना हमारे फाइनेंसियल ईयर का आखिरी महीना भी होता है इसलिए आप में से बहत से लोगों के लिए काफी व्यस्तता भी रहेगी अब जिस तरह से देश में आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही हैं उससे हमारे व्यापारी और उद्यमी साथियों की व्यस्तता भी बहत बढ़ रही है इन सारे कार्यों के बीच हमें कोरोना से सावधानी कम नहीं करनी है आप सब स्वस्थ रहेंगे खुश रहेंगे कर्तव्य पथ पर डटे रहेंगे तो देश तेजी से आगे बढ़ता रहेगा प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को त्योहारों की अग्रिम शुभकामनायें भी दी और कहा कि कोरोना के सम्बन्ध में जो भी दिशा निर्देश दिये गए हैं उनका पालन करना है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर वैज्ञानिक समुदाय और विज्ञान में रूचि रखने वालों को श्भकामनायें दी हैं

विज्ञान को मानव प्रगति की जीवन रेखा बताते हुए उपराष्ट्रपति ने सभी से आग्रह किया कि वे विश्व में अमन चैन विकास और लोगों को जीवन को खुशहाल बनाने के लिए विज्ञान का उपयोग करने का संकल्प लें आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शिक्षा क्षेत्र में सुधारों पर बल दिया है उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर उत्कृष्टता केंद्र के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में और अधिक योगदान कर सकता है शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये प्रयास न केवल भारतीय शिक्षा प्रणाली को मजबूती देंगे बल्कि देश को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने में भी योगदान करेंगे श्री निशंक कल दिल्ली विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे शिक्षामंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों का कर्तव्य अन्य शिक्षण संस्थानों को संरक्षण संवर्द्धन सहयोग और मार्गदर्शन देना है उन्होंने विद्या विस्तार योजना के तहत दूर दराज के क्षेत्र में स्थित संस्थानों को बढ़ावा देने के दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रयासों का उल्लेख किया और कोरोना महामारी अवधि के दौरान अपने विद्यार्थियों का समग्र विकास को सुनिश्चित रखने के लिये विश्वविद्यालय की सराहना की

खादी और ग्रामीण उद्योग के ई मार्केट पोर्टल पर इसके शुरू होने के मात्र आठ महीने के भीतर एक करोड़ दस लाख रुपये का कारोबार दर्ज किया गया है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने ई कामर्स के इस पोर्टल की सराहना की है उन्होंने कहा है कि इस पोर्टल ने खादी और ग्रामोउद्योग के विभिन्न उत्पादों को बड़ी आबादी को उपलब्ध करा दिया है श्री गडकरी ने कहा कि ई पोर्टल का कारोबार दो सौ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष तक लिये जाने के प्रयास किये जाने चाहिए

फिलहाल यह पोर्टल पूरी तरह से सक्रिय है और इस पर लगभग आठ सौ उत्पाद उपलब्ध है

कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने दौहराया है कि राज्यों को संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए कड़ी निगरानी जारी रखनी चाहिए और पिछले वर्ष कड़े सामूहिक प्रयासों से अर्जित किए गए लाभ को गवाना नही चाहिए एक समीक्षा बैठक में कल राज्यों को संक्रमण फैलाने वाली घटनाओं के लिए प्रभावी निगरानी प्रणाली का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया प्रभावी जांच व्यापक खोजबीन और कोविड मरीज के निकट संपर्क में आने वाले लोगों को अलग थलग करने पर भी जोर दिया गया मुख्य सचिवों को कोविड मानकों को लागू नहीं होने पर भारी जुर्माने से भी अवगत कराया गया है राज्य में पिछले चौबीस घंटे में बयालीस नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं वहीं एकतालीस मरीज स्वस्थ हुए हैं सबसे अधिक रांची जिले में तैंतीस कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है वर्तमान में प्रदेश में क्ल चार सौ बानबें सकिय मरीज हैं इनमें सबसे अधिक रांची में दो सौ सतहत्तर मरीज हैं प्रदेश में स्वस्थ होने वाले मरीजों का दर अंठानवें दशमलव छह आठ प्रतिशत पहुंच गया है

मंत्रालय ने कहा कि एक करोड़ सात लाख से अधिक रोगी इस बीमारी से पहले ही स्वस्थ हो चुके हैं

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारें स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी निजी अस्पतालों का कोरोना टीकाकरण केन्द्र के रूप में उपयोग कर सकेंगी नीति आयोग के सदस्य डॉ वी के पॉल ने बताया कि राज्य सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र के अपने सभी उपक्रमों के स्वास्थ्य केन्द्रों और अपने सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों का उपयोग भी टीकाकरण के लिए कर सकेंगी केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशकों से निश्चित आयु समूह के लोगों को वैक्सीन दिए जाने के सम्बंध में चर्चा की कल से बुजुर्गों के लिए शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान को लेकर राज्य में तैयारियां तेज कर दी गई हैं राज्य टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर अजित कुमार प्रसाद के अनुसार एक मार्च से शुरू हो रहे अभियान में साठ से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जायेगा टीका लेने के लिए पहले पंजीयन कराना होगा पंजीयन के लिए कोविन एप डाउनलोड करना होगा वैक्सीन लेने के लिए बताना होगा कि वे किस वैक्सीन सेंटर पर टीका लगाना चाहते हैं

पोड़ाहाट की सोयमारी और दुआरोली जंगल से नक्सली बुद्ध हंसे को गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार नक्सली टोंटो थाना के उलिलोर गांव का रहने वाला है